दल ने उपस्थिति पंजिका डिसपैच रजिस्टर अन्य संबद्ध दस्तावेज और फाइलो की जांच की इस दल ने आवश्यक दस्तावेज आगे की कार्रवाई के लिए अपने पास रखा है मुख्य सचिव ने सभी विभागों की कार्य प्रणाली और उपस्थिति के समय समय पर निरीक्षण के लिए निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि कार्यालय से अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी इधर वेस्ट सियांग जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति की सप्ताह में दो बार निरीक्षण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का फ्लाईंग स्क्वाड गठित करेगा जिला उपायुक्त स्वेतिका साचान ने जन शिकायतों के मद्देनजर जिला उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न मुद्दे पर बैठक के दौरान यह जानकारी दी वेस्ट सियांग जिला उपायुक्त स्वेतिका साचान ने मुख्यमंत्री समस्त शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यालयों के लिए संसाधन के मुद्दे पर जिला शिक्षा समिति की बैठक की जिला शिक्षा सोसायटी के सदस्यों ने जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों प्रधानाध्यापक ब्लॉक एजूकेशन ऑफिसर्स और शिक्षकों द्वारा सौंपे गए स्कूल भवन की मरम्मत किताब फर्निचर विद्यालय की चार दीवारी शिक्षक क्वार्टर छात्र छात्राओं के लिए शौचालयों की निर्माण के प्रस्तावों पर चर्चा की जिला उपायुक्त ने कहा कि कार्पस फंड का उद्देश्य जिले के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के अंतर में सुधार करना है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विधायी सचिव तागे ताकी ने लोअर सुबनसिरी जिलें में ट्रांस अरुणाचल हाईवें मुआवजा वितरण में किसी तरह की संलिप्तता से इंकार किया है ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उनपर लगाये गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है श्री ताकी ने कहा कि इस मामलें में दोषी पाये जाने पर वे तत्काल पद से इस्तीफा दे देंगे लोक सभा सांसद निनोंग इरिंग ने कहा है कि पेड़ों के गिरने भूस्खलन और बिना योजना के राज्य में शहरीकरण से त्वरित गति से वन क्षेत्र में कमी आ रही है जो कि भावी पीढ़ी के लिए खतरे का संकेत है ईस्ट सियांग जिलें के नोरलुंग में कल वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में वन क्षेत्र तिरासी प्रतिशत से घटकर सत्तर प्रतिशत होने पर निराशा व्यक्त की श्री निनोंग ईरिंग ने कहा कि बड़े पैमाने पर पौधारोपण और बचे हुए वन क्षेत्र की रक्षा करना वर्तमान समय की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों और सैनिकों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है वे आज पंजाव में मुक्तसर जिले के मालौट में किसान कल्याण रैली को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने किसानों के फायदे के लिए खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए लंबे समय से विचाराधीन वन रैंक वन पेंशन योजना को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे साढ़े नौ बजे वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्व सहायता समूहों के सदस्यों से सीधे बातचीत करेंगे बातचीत में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करन एवाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को इन समूहों के सदस्यों से सीधे तौर पर यह जानने का अवसर मिलेगा कि वे किन गतिविधियों में लगे हुए हैं और ऐसी गतिविधियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह बातचीत दूरदर्शन और एनाई सी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी राज्यसभा सदस्य इस महीने की अट्ठारह तारीख से शुरु हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में बाईस अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी अपनी बात रख सकेंगे सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सदन में पांच और भाषाओं डोंगरी कश्मीरी कोंकणी संस्थाली और सिंधी में सदस्यों के वक्तव्यों के तत्काल अंतरण की सुविधाए भी उपलब्ध कराई गई है सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने आज देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरु की इस सेवा के जरिए उपभोक्ता मोबाइल ऐप के जरिये देश में किसी भी टेलीफोन नेटवर्क के नंबर पर डायल कर बातचीत कर सकेंगे बी एस एन एल उपभोक्ता कंपनी के मोबाइल ऐप विंग्स के जरिए इस सेवा का फायदा उठा सकेंगे इस सेवा का उद्घाटन संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में किया यह सेवा पच्चीस जुलाई से शुरु होगी और इसके लिए पंजीकरण इसी सप्ताह शुरु किया जायेगा इस सेवा से लैंडलाइन नेटवर्क के जरिए ही मोबाइल पर इंटरनेटकी सेवा भी प्राप्त होगी जिसमें वीडियों कांफ्रेंसिंग वीडियों कॉलिंग और अन्य गतिविधियों शामिल हैं इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को बी एस एन एल की एप्लीकेशन विंग्स को डाउनलोड करना होगा और लैंडलाइन के नेटवर्क से मोबाइल को जोड़ना होगा इसके लिए मोबाइल में सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी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 आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई